राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने समाज और राष्ट्र के विकास के लिए ईमानदारी व समर्पण की भावना से कार्य करने पर दिया बल कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल स्पिति जिले में निर्माणाधीन मूलिंग पुल का लिया जायजा राज्य सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवान को कृतसंकल्प

वे आज शिमला में कारावास व सुधार सेवाएं विभाग द्वारा जेल में कैदियों को सकारात्मक कार्यों से जोड़ना विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि देश की समी जेलों में कैदियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें परिश्रम कर आय अर्जित करने का अवसर मिले बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हिमाचल ने कैदियों के पुनर्वास के लिए सराहनीय कार्य किया है और हर हाथ को काम परियोजना के लिए जेल व सुधार सेवाओं के महानिदेशक सोमेश गोयल की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि महिला कैदियों को भी जेल के बाहर आजीविका कमाने के अवसर दिए जा रहे हैं जिसे अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए राज्यपाल ने ई पेशी और ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के लिए जेल विभाग के प्रयासों की सराहना की इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने कैदियों के बेहतर प्नर्वास के लिए ओपन जेल की स्थापना और उनके कौशल विकास पर बल दिया इससे पहले सोमेश गोयल ने कैदियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी

इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ट्रैकिंग व ग्रीन साईकलिंग अभियान के फ्लैग इन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि साहसिक गतिविधियों से युवाओं को रचनात्मक और सकारात्मक उर्जा मिलती है और उनमें राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती है राज्यपाल ने युवाओं से समृद्ध व उच्च मूल्यों को संरक्षित करने और देश के विकास के लिए निष्ठा से कार्य करने का आग्रह भी किया मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि विविधता में एकता भारत की पहचान है सोलन में आज श्रीकृष्ण मंदिर का उदघाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी को समाज और राष्ट्र के विकास के लिए ईमानदारी व समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए मोहन भागवत ने कहा कि संघ के कार्यकर्ताओं का धर्म का कार्य करने वालों के प्रति आदर व अनुराग का भाव रहता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी संस्कृति व संस्कारों को छोड़कर कमी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते उन्होंने सभी से अपनी सभ्यता संस्कृति और धर्म को संजोए रखने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत विश्व गुरू बनने के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल भी इस दौरान मौजूद रहे

इस बीच ऊना में एक पत्रकार वार्ता में वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश के पशु पालकों को जल्द ही उन्नत नस्ल की भेड़ें प्रदान की जाएंगी ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल सहित उत्तराखण्ड व जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष परियोजना मंजूर की है मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति जिले में चन्द्रा नदी पर निर्माणाधीन मूलिंग पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण में खामियों की बात कही है और इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं मारकंडा ने कहा कि जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाता तब तक पुल का उदघाटन नहीं किया जाएगा

कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के थुरल नागरिक अस्पताल में आज डिजिटल एक्स रे व आधुनिक अल्ट्रासांउड मशीन के उदघाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही विपिन परमार ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों और मैडिकल कॉलेज में आध्निक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है

शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में एक समीक्षा बैठक में कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस समागम में समाज के सभी वर्गों के लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए यही गुरू नानक देव की शिक्षाओं के प्रति सच्ची आस्था होगी इस अवसर पर उपायुक्त अमित कश्यप और पुलिस अधीक्षक ओमापति जमवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने सेवा सप्ताह के तहत आज शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डे टूटीकंडी में स्वच्छता अभियान का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार से प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी और इससे होने वाली बीमारियों से भी बचाव होगा